शहीद जवानों में कोबरा बटालियन का एक बस्तरिया बटालियन के दो और डीआरजी के दो जवान शामिल हैं वहीं इस मुठभेड़ में बारह जवान घायल भी हुए हैं घटनास्थल से एक महिला माओवादी का शव भी बरामद किया गया है डीआईजी नक्सल ऑपरेशेन ओपी पॉल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दक्षिण बस्तर इलाके में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद कल से सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया था इस अभियान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के साथ ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टॉस्क फोर्स के करीब दो हजार जवान शामिल थे उन्होंने बताया कि आज दोपहर करीब बारह बजे सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर जगरगुंडा इलाके में जोनागुड़ा गांव और तर्रेम के पास माओवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की यह मुठभेड़ करीब तीन घंटे तक चली घटना के सूचना मिलते ही अतिरिक्त बल मौके के लिए रवाना किया गया वहीं घायलों को मुठभेड़ स्थल से निकालने के लिए वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों के साथ ही नौ एम्ब्रेंस भेजी गई है इस बीच पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है बैठक में घायलों के बचाव और मुठभेड़ के बाद की स्थिति की समीक्षा की जा रही है उधर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम ने गश्त के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके अलावा गंगालूर थाना क्षेत्र के चेरपाल के पास मोदीपारा में माओवादियों द्वारा लगाए गए आठ किलो के एक आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया जिसे बाद में निष्किय कर दिया गया इस बीच दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है इस माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था

डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार माओवादी हमला बढ़ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार अब तक ठोस नीति नहीं बना पाई है लॉकडाउन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है दुर्ग में छह अप्रैल से लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा के बाद आज रायपुर धमतरी राजनांदगांव और जांजगीर चांपा जिलों में भी जिला प्रशासन ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय सीमा तय कर दी है रायपुर जिला कलेक्टर एस भारतीदासन द्वारा आज शाम जारी आदेश के मुताबिक राजधानी रायपुर सहित जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खोली जा सकेंगी वहीं रेस्टोरेंट होटल बार औ ढाबों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स का अंतिम शो रात आठ बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा सभी जिम और स्वीमिंग पुलों का संचालन भी आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है समय अवधि का यह प्रतिबंध पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स पर लागू नहीं होगा सभी दुकान संचालकों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा यह आदेश कल चार अप्रैल से प्रभावशील होगा वहीं धमतरी जिले में भी पांच अप्रैल से तेरह अप्रैल तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह छह से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है जबकि राजनांदगांव जिले में शाम चार बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी जांजगीर चांपा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय भी निर्धारित कर दिया गया है इधर दुर्ग जिले में छह से चौदह अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि एमआरपी से ज्यादा दर पर सामान बेचे जाने पर संबंधित दुकानों को पन्द्रह दिनों तक सील कर दिया जाएगा कोविड केन्द्र केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामलों में बढ़ोतरी वाले ग्यारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है इनमें छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक दिल्ली और हरियाणा शामिल हैं

कल प्रदेश में चार हजार एक सौ चौहत्तर नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक करीब तीन लाख संतावन हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहीं कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से तैंतीस लोगों की मृत्यु भी हुई है रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज नवीन विश्राम गृह में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं पिछले साल की तरह ही इस बार भी कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है विशेषकर रायपुर दुर्ग और बेमेतरा जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसे रोकने के लिए टेस्टिंग और कान्टेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने तथा अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने आज शाम दुर्ग में भी अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की

एम्स और मेकाहारा के साथ ही माना स्थित कोविड अस्पताल के बिस्तर भी भर चुके हैं इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रायपुर के पांच कॉलेजों और छात्रावासों को आइसोलेशन और कोविड सेंटर बनाने के लिए अधिग्रहित किया है इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी दी इस पर केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार राज्य को हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है केन्द्रीय मंत्री ने जरूरत पड़ने पर विशेष मेडिकल टीम भेजने की बात भी कही है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले कोरोना पर खर्च की गई राशि छिपाई और अब कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भी छपा रही है मौत के जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वास्तव में वह आंकड़े कई गुना ज्यादा है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक सात करोड़ तीस लाख चौव्वन हजार कोविड टीके लगाये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में तीस लाख तिरानवे हजार लोगों का टीकाकरण किया गया इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल तीन लाख छब्बीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया अब तक प्रदेश में पच्चीस लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है केन्द्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए पैंतालीस से अधिक आयु के सभी नागरिकों को पात्र किए जाने के बाद प्रदेश में टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है सरकारी केन्द्रों में टीकाकरण की सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे स्थान पर है स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील कि है कि पैंतालीस वर्ष से अधिक से सभी व्यक्ति कोरोना का टीका जरूर लगवाएं ताकि इस वैश्विक महामारी से निपट सकें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जिन देशों में टीकाकरण बड़ी संख्या में हआ है वहां कोरोना के फैलाव के मामले कम आए हैं रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधानपाठकों को पत्र लिखकर उनके अधीनस्थ संस्थाओं के पैंतालीस वर्ष े से अधिक आयु के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने का आग्रह किया इस बीच कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और संक्रमितों की पहचान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैम्पलों की जांच की जा रही है छत्तीसगढ़ प्रति दस लाख की आबादी में रोजाना कोरोना जांच में देश में तीसरे स्थान पर है इस मामले में केवल महाराष्ट्र और गुजरात ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं प्रदेश में रोजाना प्रति दस लाख की आबादी पर औसत एक हजार चार सौ नौ सैम्पलों की जांच की जा रही है प्रदेश में अब तक कुल अंठावन लाख बत्तीस हजार से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत के बाद से अब तक प्रति दस लाख जनसंख्या के पीछे जांच में भी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है पंचायत पुरस्कार छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को लगातार तीसरे साल विभिन्न श्रेणी के ग्यारह राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की विजेताओं की सूची में आठ ग्राम पंचायतें दो जनपद पंचायत और एक जिला पंचायत शामिल हैं केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कोंडागांव जिला पंचायत गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत सहित सरगुजा जिले की सरगवां रिरी ग्राम पंचायत बालोद जिले की माहद अ कबीरधाम जिले की महराटोला और रायपुर जिले की बैहार ग्राम पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दो हजार इक्कीस के अंतर्गत बीजापुर जिले की गोटईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार रायपुर जिले की नवागांव ल को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार और बैहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है संक्षिप्त समाचार भिलाई इस्पात संयंत्र में डीआरएम और यूआरएम में कार्यरत् कर्मचारियों न आज वेतन समझौते की मांग को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन किया गरियाबंद जिले में छुरा पुलिस ने मोटर साइकिल दो आरोपियों के पास से लगभग पैंतीस किलोग्राम गांजा जब्त किया है जिसकी कीमत पौने दो लाख रूपए बताई जा रही है बीजापुर जिले के सामान्य वन क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में लगी आग को बुझाने का प्रयास वन विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है और कोंडागांव के नगर पालिका कॉम्पलेक्स में स्थित एक वाहन गैरेज में आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए